यह अभियान आने वाले त्योहारों और सर्दियों तथा आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत को देखते हुए चलाया जा रहा है प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में लोगों से कोरोना संक्रमण से संघर्ष में एकजुट रहने की अपील की उन्होंने हमेशा मास्क लगाने हाथों की साफ सफाई रखने और दो गज की दूरी के नियम का पालन करते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखने का भी आहवान किया मोदी ने कहा कि कोविड से संघर्ष एक जन आंदोलन है और इसे कोविड योद्वाओं के समर्पण से शक्ति मिली है उन्होंने कहा कि हमारे सामूहिक प्रयासों से अनेक लोगों की जान बचाई जा सकी है प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अपने प्रयासों की यह गति बनाये रखनी होगी और इस घातक संक्रमण से लोगों का बचाव करना होगा मुख्यमंत्री इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने एक वीडियो संदेश में केंद्र सरकार के जन आंदोलन अभियान से जुड़ने का लोगों से आहवान किया है उन्होंने कहा कि अभी तक कोरोना संकमण का कोई इलाज नहीं निकल पाया है ऐसी परिस्थिति में लोग इस महामारी से बचाव के लिए एहतियात बरतते हए मास्क पहने उचित दूरी बनाए रखें और साबुन से बार बार हाथ धोएं उन्होंने कहा कि इन सावधानियों से परिवार और समाज सुरक्षित रहेगा वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास पंचायतीराज व कृषि मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कोरोना को लेकर आज ऊना में एक बैठक कर कोविड केयर सेंटर में साफ सफाई खाना व मरीजों को दी जा रही दवाओं के बारे जानकारी हासिल की उन्होंने कहा कि वह स्वयं कोविड केंद्रों में उपचाराधीन मरीजों को फोन कर उन्हें दी जा रही स्विधाओं की फीडबैक लेंगे

शिमला से जारी एक बयान में पार्टी सचिव हरिकृष्ण हिमराल ने कहा है कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कांग्रेस पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं उन्होंने भाजपा से कोरोना काल में लोगों से इक्कठे किए गए फंड की जानकारी सार्वजनिक करने की भी बात कही है शोक राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने मणिपुर व नागालैंड के पूर्व राज्यपाल अश्वनी कुमार के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है राज्यपाल ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हए परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने अपने शोक संदेश में कहा है कि अश्विन कमार ने पूरी निष्ठा व समर्पण के साथ अपनी सेवा दी जिसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी अश्वनी कुमार के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है उन्होंने कहा है कि एक सामान्य परिवार से संबंध रखने वाले अश्विन कुमार प्रदेश व देश के प्रमुख पदों तक पहुंचे और उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर और विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी अश्वनी कुमार के निधन गहरा शोक प्रकट किया है बैठक मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की एक बैठक आज हमीरपुर में उपायुक्त हरिकेश मीणा की अध्यक्षता में हुई